मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य के कॉरपोरेट घरानों से कोरोना संक्रमण से निपटने में सहयोग लेने का निर्देश दिया कॉरपोरेट घरानों से भी आगे आकर सहयोग करने की अपील की मुख्यमंत्री ने साहेबंगज जिले में आरटीपीसीआर लैब का ऑनलाइन उदघाटन किया राज्य में पहली बार किसी जिला अस्पताल में कोरोना जांच की सुविधा होगी उपलब्ध श्रुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए

इन सौ पीएसए संयंत्रों को घरेलू निर्माताओं को डी आर डी ओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके लगाया जाएगा पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन की खरीद से ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी वृद्वि होगी जिससे संयत्रों से लेकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन के परिवहन में आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा सकेगा

मुख्यमंत्री ने आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह के लिए सख्ती के साथ बढ़ाया जा रहा है जहां रात के आठ बजे तक राज्य में दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी वहीं अब दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी दवा दुकानों के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है आगामी छह मई की सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की समस्या को समाप्त करने के लिये अधिकारिसयों को विशेष निर्देश दिये हैं श्री सोरेन ने कहा है कि जिन संक्रमितों का ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुका है उसके बाद भी वेऑक्सीजन युक्त बेडों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि ऐसे संक्रमितों को चिन्हित कर उन्हें अस्पताल के जेनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाए और जिन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत हैं उन्हें उपलब्ध कराया जाए

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे रिम्स अथवा बड़े निर्जी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करें यह टीम सदर अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों मे इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार बेहतर चिकित्सीय उपचार के सिलसिले में आवश्यक सलाह देगी यह टीम इस बात की भी जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है और किन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा सकता है

अठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल आरोग्य सेतू ऐप और उमंग एप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते है

इस बार वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज से वैक्सीन लगाने का मैसेज आने पर वैक्सीन लगाने सेंटर पर जाना होगा

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस चर्चा में भाग लेंगे

उन्होंने कॉरपोरेट घरानों से भी इस संकट के दौरे में आगे आकर सहयोग करने की अपील की है श्री सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में अवस्थित उद्योगों से कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए सहयोग लेने के लिए कदम उठाएं इसके तहत कोविड डेडिकेटेड अस्पताल समेत अन्य जरूरी चिकित्सीय संसाधन वे उपलब्ध कराएं ताकि राज्य में कोरोना संक्रमितों को उपचार के सिलसिले में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े कॉरपोरेट जगत से सहयोग लेकर कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में मदद मिल सकेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों को बेहतर चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं इस सिलसिले में हर बेड तक ऑक्सीजन की उपलब्धता जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं और संक्रमितों तथा उनके परिजनों अथवा सगे संबंधितों की निगरानी की उचित व्यवस्था हो ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके

इसका ऑनलाइन उदघाटन मुख्यमंत्री ने किया साहेबगंज के सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब स्थापित होने से जिलेवासियों के कोरोना जांच आसानी से हो पायेगा आइसीएमआर ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है झारखंड में पहली बार किसी जिला अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध करायी गई है अब यहां के सैंपल को जांच के लिए बाहर नहीं भेजना होगा पहले सैंपल को रांची धनबाद दुमका व पटना सैंपल भेजना होता था सैंपल भेजने से लेकर रिपोर्ट आने तक में कई दिन लग जाते थे जिससे संक्रमण रोकने में परेशानी होती थी सैंपल लेने के बाद उसी दिन रात तक जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी

बाद में मशीन की क्षमता बढ़ायी जाएगी

आसपास के जिलों के सैंपल की जांच भी की जाएगी

इस दौरान सरकार की ओर से लागू किए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन कर खोले गए दुकानों के संचालकों को हिदायते दी गई है इसके साथ ही कई ऐसे दुकान के संचालक पकड़े गए जो सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन कर दुकान के अंदर ग्राहकों को सामान बेच रहे थे ऐसे दुकानदारों को अनुमंडल अधिकारी के निर्देश पर पुलिस पकड़ कर थाना ले गई जांच अभियान को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने कहा है कि शिकायते मिल रही थी कि कुछ खाद्य सामग्रियों को ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है इसके बाद आज कुछ थोक विक्रेताओं के भंडारण और दर तालिका की जांच की गई है जिसमें कई लोग पकड़े गये हैं

विशेषज्ञ डॉक्टर्रो का कहना है कि अगर स्वस्थ होनेवालों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ेगी तो एक्टिव केस की संख्या में कमी आयेगी

पुलिस ने उसके पास से एक देशी कट्टा गोलियां और मोबाइल बरामद किया है गिरफ्तार उग्रवादी अनिल लोहरा उर्फ संदीप लोहरा जोनल कमांडर नवलेश के दस्ते में शामिल था पुलिस के अनुसार पिछले पंद्रह दिनों से यह दस्ता इलाके में सक्रिय था इस दौरान व्यवसायियों से लेवी वसूलने के काम करता था हाल के दिनों में कई व्यवसायियों ने लेवी की रकम भी वसूली गई थी उग्रवादी संदीप को मैकलुस्कीगंज से गिरफ्तार किया गया